बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दस वर्दीधारी माओवादी मारे गए घटनास्थल से ग्यारह हथियार बरामद राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है आठ मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बीस बैठकें होंगी कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह ग्यारह बजे सदन में बजट पेश करेंगे रायपुर जिला और सत्र न्यायालय ने अंतागढ़ टेपकांड मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व ओएसंडी डॉक्टर पुनीत गुप्ता और पूर्व विधायक मंतूराम पवार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

माओवादी मुठभेड़ बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है माड़ इलाके में हुई एक मुठभेड़ में दस माओवादी मारे गए हैं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि यह मुठभेड़ बीजापुर जिले के अब्रुझमाड़ इलाके में हुई उन्होंने बताया कि इस इलाके में करीब चालीस से पचास माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सुचना मिलने के बाद भैरमगढ़ थाना से स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम रवाना हुई थी इस टीम में लगभग दो सौ जवान थे

मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त बल भी इस इलाके में भेजा गया है इन सुरक्षा बलों के आज देर शाम तक भैरमगढ़ वापस लौट आने की उम्मीद है बजट सत्र राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है आठ मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बीस बैठकें होंगी कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह ग्यारह बजे सदन में वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए बजट पेश करेंगे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज एक पत्रकारवार्ता में बताया कि ग्यारह और बारह फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी इसके बाद तेरह फरवरी से छह मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी छह मार्च को विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर सात मार्च को चर्चा होगी विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र के लिए अब तक सदस्यों से अट्ठारह सौ छब्बीस प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की छियासठ और स्थगन प्रस्ताव की बत्तीस सूचनाएं भी मिली हैं वहीं अशासकीय संकल्प की ग्यारह सूचनाएं भी प्राप्त हई हैं छत्तीसगढ़ की इस पांचवीं विधानसभा में ऐसे उनतालीस सदस्य है जो पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं डॉक्टर महंत ने बताया कि ऐसे सदस्यों को संसदीय कार्यप्रणाली और प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए नौ और दस फरवरी को विधानसभा परिसर में दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति करेंगे वहीं दस फरवरी को समापन सत्र में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह सदस्यों को संबोधित करेंगे एक अन्य सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा की तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी एक अलग से टेलीविजन चैनल शुरू करने की कोशिश की जा रही है मंत्रिपरिषद उप समिति राज्य सरकार ने ऐसे पंजीबद्ध अपराध जो राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित है उन्हें वापस लिए जाने के संबध में चार सदस्यीय मंत्रिपरिषद की उप समिति का गठन किया है

इस उप समिति में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डेहरिया महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हैं यह समिति ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को देगी संविदा कर्मचारी सेवा आंकलन राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों निगम मंडलों प्राधिकरणों और स्वशासी संस्थाओं को अपने कार्यालय में संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सेवाओं का आंकलन पंद्रह दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं आदेश में कहा गया है कि जिन संविदा अधिकारी कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पूर्व सूचना अथवा वेतन भुगतान कर उनकी सेवाएं समाप्त की जाए इसी प्रकार जिन पदों पर संविदा आधार पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों की सेवाओं की वर्तमान में आवश्यकता है आने वाले समय में उन पदों पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति की जाए अग्रिम जमानत सुनवाई अंतागढ़ टेपकांड मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व ओएसडी डॉक्टर पुनीत गुप्ता और पूर्व विधायक मंतूराम पवार द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिका आज रायपुर जिला और सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है गौरतलब है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता और पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने एडीजे विवेक कुमार वर्मा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी उस पर आज अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया अमन सिंह एसआईटी जांच राज्य के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई शिकायत के आधार पर जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है आईपीएस दीपक झा इसके प्रमुख होंगे वहीं जांच टीम में चार अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है यह एसआईटी अमन सिंह के खिलाफ जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी गौरतलब है कि दिल्ली के विजया मिश्रा ने अमन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी कि छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति के दौरान श्री सिंह ने यह कहा था कि उनके खिलाफ कोई भी जांच लंबित नहीं है विजया मिश्रा का कहना था कि बेंगलुरु में आयकर उपायुक्त रहने के दौरान अमन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की गई थी इसके साथ ही सीबीआई ने भी उनके खिलाफ जांच की थी केंद्रीय मंत्री कोल ब्लॉक समीक्षा केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव सुमंत चौधरी की अध्यक्षता में आज अटल नगर स्थित मंत्रालय में सार्वजनिक कंपनियों को आवंटित और एसईसीएल के कोल ब्लॉकों की प्रगति की समीक्षा की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि कोल ब्लॉक से संबंधित जिलों के कलेक्टर राजस्व पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हर माह आयोजित की जाए साथ ही भू अर्जन पर्यावरण वन विभाग की अनुमति जन सुनवाई मुआवजा वितरण आदि से संबंधित लंबित मांगों का निराकरण निर्धारित अवधि में किया जाए बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात और आन्ध्रप्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को आबंटित कोल ब्लॉकों की भी समीक्षा की गई नगरीय प्रशासन मंत्री सम्मान समारोह नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवक्मार डहरिया ने कहा है कि नगरीय निकाय के कर्मचारियों के छठवें और सातवें वेतनमान के एरियर्स भूगतान के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है डॉक्टर डहरिया कल रायपूर में नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने निष्ठा ऐप व्यवस्था के सरलीकरण की भी बात कही उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए श्री डहरिया ने कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण करने का भी भरोसा दिलाया हाफ मैराथन प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आगामी चौबीस फरवरी को राजधानी रायपुर में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा यह मैराथन अटल नगर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास से शुरू होगी रायपुर हॉफ मैराथन में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को पंजीयन कराना जरूरी होगा इसमें दंस से साठ वर्ष के प्रतिभागी और दिव्यांग ट्राईसिकल तथा दृष्टिबाधित महिला प्ररूष प्रतिभागी सम्मिलित हो सकते है हाफ मैराथन में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों सहित तेरह ग्रुप में बत्तीस लाख रूपए का प्रस्कार प्रदान किया जाएगा संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने आईएएस मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को विशेष सचिव ऊर्जा के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया है श्री अब्दुल हक ने आज अपना पदभार ग्रहण किया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार दीपक तिवारी और राकेश तिवारी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर शुभकामनाएं दी हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कल रायपुर आएंगे वे कल दोपहर बाद राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रदेश चुनाव समन्वय समिति और चुनाव अभियान समिति की बैठकों में भाग लेंगे स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के तीन सौ पैंतालीस चिकित्सकों के भर्ती के आदेश जारी किए हैं राजधानी रायपुर के खमतराई में आज एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों की मौत हो गई